उन्होंने कहा कि इस वर्ष मार्च महीने तक हिमाचल को गृहणी सुविधा योजना के तहत देश का धुंआ मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य है और छूटे हुए एक लाख परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन दिए जाएंगे जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि दूरदराज के क्षेत्रों में सड़क सुविधा मुहैया करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है मंडी जिले में सराज क्षेत्र की मुराह पंचायत में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को भरपूर आर्थिक मदद दे रही है जिससे प्रदेश का सर्वांगीण विकास संभव हुआ है मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र सड़क सम्पर्क की दृष्टि से कठिन क्षेत्रों में से एक है और आने वाले समय में इसे प्रदेश का मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाया जाएगा

कुल्लू जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मणिकर्ण के भवन और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरी में अल्ट्रासाउंड मशीन के लोकार्पण के बाद जनसभा में उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में तीन सौ डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं उन्होंने कहा कि आयुर्वेद विभाग में जल्द ही सौ चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी

वीरेंद्र कंवर पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि बेसहारा पशुओं की समस्या के प्रति सरकार गंभीर है और इसके लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं बिलासपुर जिले के नयना देवी में अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रही गोशालाओं की क्षमता बढ़ाने और गौ अभ्यारण्य बनाने पर विचार किया जा रहा है उन्होंने अधिकारियों को गौशालाओं में पेयजल व बिजली व्यवस्था दुरूस्थ करने के निर्देश दिए अनिल शर्मा ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने मंडी के एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में आज मेधावी बच्चों को पुरस्कार बांटे उन्होंने कहा कि शिक्षा के विकास में सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों का भी अहम योगदान है उन्होंने बच्चों से पढ़ाई के साथ खेलों में भी भाग लेने का आहवान किया मौसम प्रदेश में पिछले तीन चार दिन हुई बर्फबारी और वर्षा के बाद आज मौसम साफ रहा हालांकि प्रदेश भर में शीतलहर जारी है और कई स्थानों पर जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है

लाहौल स्पिति व किन्नौर ज़िलों के अलावा शिमला ज़िले के ऊपरी क्षेत्र और चंबा ज़िले के पांगी व भरमौर बर्फबारी से प्रभावित हैं लाहौल स्पिति ज़िले के ऊपरी क्षेत्रों में दो से तीन फुट जबकि केलंग में एक फुट बर्फबारी हुई है प्रशासन ने हिमखंड गिरने की आशंका के मध्यनजर लोगों से एहतियात बरतने का आग्रह किया है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 नमस्कार